प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज सोलहवीं लोकसभा की अंतिम बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया में भारत का मान बढ़ा है और सदन ने भ्रष्टाचार और कालाधन के खिलाफ कानून बनाने के साथ चौदह सौ से ज्यादा अप्रसांगिक हो चुके पुराने कानूनों को समाप्त कर दिया श्री मोदी ने बैठक में लोकसभा अध्यक्ष और सभी सदस्यों का धन्यवाद करते हुए कहा कि आज भारत विश्व की छठीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है उन्होंने कहा कि दुनिया में भारत का मान बढ़ा है देश का आत्म विश्वास बढ़ा है उसका कारण देश में पूर्ण बहुमत की सरकार होना है उन्होंने कहा कि करीब तीन दशक बाद देश में पहली बार ऐसी सरकार बनी है जो कांग्रेस गोत्र वाली नहीं है आज वैश्विक मंच पर भारत को सुना जाता है इसका पूरा यश दो हजार चौदह के उस निर्णय को जाता है जो जनता ने किया था

यह रिपोर्ट आज संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखी गई

केंद्रीय मंत्री अरूण जेटली ने कहा है कि राफेल के बारे में सीएजी की रिपोर्ट से कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों के झूठ का पर्दाफाश हो गया है जिससे कि इस बात की एक बार फिर पुष्टि होती है कि सच हमेशा बना रहता है मीडिया से बातचीत करते हुए श्री जेटली ने कहा ये बिलकुल स्पष्ट हो गया जो प्रतिदिन एक झूठ बोला जाता है झूठ बोलने वालों का सर पूरे देश के सामने शर्म से झुक जाना चाहिए हर ट्रांजेक्शन में एयरफोर्स के सरकार के मंत्रालयों के अधिकारी बैठते हैं बड़ी कमेटी होती है यह आवश्यक नहीं कि अगर दस लोग बैठते हैं तो दस में हरेक का एक ही मत होगा लेकिन अंतिम निर्णय जो सरकार का होता है वो एक होता है अगर हर व्यक्ति हां में हां ही मिला दे तो तब तो इसका मतलब कि एप्लीकेंशन ऑफ माइंड ही नहीं होगा इससे पहले श्री जेटली ने कई ट्वीट संदेशों में कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि उच्चतम न्यायालय गलत है सीएजी गलत है और केवल परिवार ही सही है बजट सत्र के आज अंतिम दिन संसद के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है राज्यसभा ने संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में दिए गए राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव बिना चर्चा के पारित कर दिया

कई दिन से सदन की बैठक में बाधा आने के कारण प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा नहीं की जा सकी

पूरे सत्र के दौरान सदन की कार्यवाही में विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामें के कारण बार बार बाधा आई समापन संबोधन में सभापति एम वैंकेया नायडु ने सदन की बैठकें बाधित होने पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि इस सत्र के दौरान केवल चार दशमलव ना प्रतिशत ही कामकाज हुआ उन्होंने कहा कि सिर्फ तीन विधेयक पारित हुए और छह विधेयक पेश किए गए इससे पहले राज्य सभा की कार्यवाही आज दो बार स्थगित की गई बैठक शुरू होते ही समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के सदस्यों ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को कल लखनऊ हवाई अड्डे से प्रयागराज जाने से कथित रूप से रोके जाने का मुद्दा उठाने की कोशिश की

उधर सोलहवीं लोकसभा का आखिरी सत्र आज अनिश्चितकाल के लिये स्थगित हो गया

सूचना और प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने विभिन्न मीडिया इकाइयों के सरकारी अधिकारियों से कहा है कि वह बदलती तकनीक के अनुसार खुद को ढालते रहें नई दिल्ली में मीडिया इकाइयों के पहले वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए श्री राठौड़ ने कहा कि भारतीय सूचना सेवा क अधिकारियों की दक्षता और सत्यनिष्ठा काफी महत्व रखती हैं इस अवसर पर सूचना और प्रसारण सचिव अमित खरे ने कहा कि तेजी से बढ़ती तकनीक के अनुसार खुद को तैयार रखे जाने की जरूरत है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने आज प्रयागराज कुंभ में संगम में डुबकी लगाई इस अवसर पर उनके साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य तथा साधु संत मौजूद थे

पावन संगम में डुबकी लगाने के बाद श्री शाह ने गंगा आरती की तथा बड़े हनुमान जी और किला स्थित मूल अक्षय वट एवं सरस्वती कूप के दर्शन किये श्री शाह ने कुंभ भ्रमण के दौरान अखाड़ों के प्रतिनिधियों और बड़े संतों के साथ मुलाकात भी की जिनमें परमार्थ निकेतन के के स्वामी चिदानन्द सरस्वती जी महाराज और स्वामी रामदेव शामिल है समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को कल प्रयागराज जाने से रोकने और सपा कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज के मामले को लेकर आज दूसरे दिन भी विधानमंडल के दोनों सदनों में हंगामा हुआ और कार्यवाही कल तक के लिये स्थगित कर दी गई सदस्य श्री यादव को हवाई अड़डे पर रोके जाने और प्रयागराज में सपा कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज घटनाक्रम की न्यायिक जांच की मांग कर रहे थे विधानसभा में प्रश्नकाल शुरू होते ही समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने अखिलेश यादव को रोके जाने का मुद्दा उठाते हुए प्रश्नकाल स्थगित कर चर्चा कराने की मांग की इस पर अध्यक्ष ने प्रश्नकाल के बाद अपनी बात रखने के लिये कहा

बाद में हंगामा जारी रहने पर अध्यक्ष ने एक बजकर पच्चीस मिनट पर सदन की कार्यवाही दिनभर के लिये स्थगित कर दी

विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहने के चलते सभापति ने सदन को एक बजकर बारह मिनट पर कल तक के लिये स्थगित कर दिया आज विश्व रेडियो दिवस है

विश्व रेडियो दिवस का इस वर्ष का विषय है संवाद सहनशीलता और शांति आकाशवाणी भी लंबे समय से समाचार और विभिन्नि कार्यक्रमों के जरिये जन संवाद का सशक्त माध्यम बना हुआ है